कल शाम थम जायेगा प्रचार का शोर

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में उन्नीस मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है इस चरण के लिये चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा एनडीए और महागठबंधन के साथ साथ छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं इस सिलसिले में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना के बिक्रम में पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया श्री गांधी ने केन्द्र की एनडीए सरकार को किसान गरीब और मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सिर्फ पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की है पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए श्री गांधी ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो देश भर के पच्चीस करोड़ गरीब परिवारों को सालाना बहत्तर हजार रूपये दिये जायेंगे और एक साल के भीतर लगभग बाईस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जायेगी सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिये लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की बाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने पटना साहिब से पार्टी प्रत्याशी शत्र्घ्न सिन्हा के पक्ष में रोड शो किया इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में एनडीए उम्मीदवार महाबली सिंह के समर्थन में चूनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि वे केन्द्र सरकार द्वारा किये गये कामों के आधार पर वोट मांगने आये हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिये काम कर रही है सभा को लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया श्री कुमार ने नालंदा के बिहारशरीफ जहानाबाद और नाबानगर में भी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित किया इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नालंदा के अस्थावां और जहानाबाद के अतरी तथा अरवल में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया दूसरी तरफ भाजपा की ओर से पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी ने सासाराम संसदीय क्षेत्र के चेनारी में पार्टी उम्मीदवार छेदी पासवान के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया भोजपुरी फिल्मों के कलाकार पवन सिंह ने भी भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने फुलवारीशरीफ इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की वहीं पटना साहिब से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने जगनपुरा शाहपुरा डोमनाचक समेत ग्रामीण इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया दूसरी तरफ आरा से भाजपा उम्मीदवार आरके सिंह बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे सासाराम से कांग्रेस उम्मीदवार मीरा कुमार पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी मीसा भारती आरा से भाकपा माले के राजू यादव और काराकाट से रालोसपा के उपेन्द्र कुशवाहा भी अपने अपने पक्ष में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला काफी रोचक होने के आसार हैं

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब पहली जुलाई तक दाखिल करें समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के अकलू चौक के पास अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से लगभग चालीस लाख रूपये मूल्य के आभूषण लूट लिये पुलिस ने बताया कि व्यवसायी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं और जिले के विभिन्न हिस्सों में उनका कारोबार है लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की है पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी कर रही है लोकपाल वेबसाइट शुरू हो गई है न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष ने नई दिल्ली में आज लोकपाल संगठन के सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लोकपाल डॉट जीओभी डॉट इन का शुभारम्भ किया वेबसाइट से लोकपाल की कार्यप्रणाली और कामकाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने मगध विश्वविद्यालय बोधगया के उन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो बायोमीट्रिक प्रणाली के तहत उपस्थिति दर्ज कराने में अनियमितता बरत रहे हैं मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी बिहार के ऊपर बने चक्रवाती हवा के दबाव क्षेत्र के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है इस दौरान कहीं कहीं तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है किशनगंज के बहादुरगंज में सबसे अधिक छब्बीस दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी पूर्णियां जिले के कसबा थाना क्षेत्र अंतर्गत गूरही में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी इधर आज गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव चार भागलपुर का अड़तीस दशमलव चार और पूर्णियां का चौंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र मकससपुर मोहल्ले से पिछले दिनों एक छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है साथ ही इस मामले में थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह और घटना की रात ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है बोधगया में आज से तीन दिवसीय बुद्ध जयंती समारोह शुरू हो गया है इसमें देश विदेश के हजारों बौद्ध धर्मावलंबी शामिल हो रहे हैं कल और परसों मुख्य समारोह कालचक्र मैदान में आयोजित किया जायेगा सहरसा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर दो सौ पांच कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं पटना जिले के अगमकुंआ थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी के पास उत्पाद विभाग की टीम ने पानी भरे गढ्डे में छुपाकर रखे गये शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है इधर दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र से तीन और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से एक शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव से पुलिस ने इनामी अपराधी नरेश महतो को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो पिस्तौल और बाईस कारतूस भी बरामद किये गये हैं वहीं एसटीएफ ने पटना जिले के कुख्यात अपराधी बनरा को भी गिरफ्तार किया है प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी नालंदा में तीन और भागलपुर तथा पूर्णियां में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिछले दिनों अगवा एक व्यक्ति को अपराधियों की चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया है मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है शेखपुरा जिले के एक सौ बीस प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा नीति आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है

कल शाम थम जायेगा प्रचार का शोर